मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात अमरीका के हयूस्टन में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया

किसी का नाम लिए बिना श्री मोदी ने कहा कि जो लोग अपना देश भी नहीं संभाल पा रहे हैं वे आतंकवाद को संरक्षण देने के साथ साथ उसका समर्थन कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि वे दोहराना चाहते हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प आतंक के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं

इस अनुच्छेद के समाप्त हो जाने से राज्य में विकास और समुद्धि बढ़ेगी और महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव मिटेगा वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वे कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा भारत और अमरीका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वह भारत और अमरीका के सुरक्षा संबंधों पर और जोर दे रहे हैं श्री ट्रम्प ने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन सुधारों से तीस करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आये हैं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने बताया कि श्री ट्रम्प की उपस्थिति यह संकेत देती है कि अमरीका भारत का सच्चा मित्र है ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों नेताओं ने कोई मंच साझा किया और उन्होंने रिकॉर्ड पचास हजार भारतीय अमरीकी लोगों को संबोधित किया हाउडी मोदी का आयोजन ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में टेक्सास इंडिया फोरम ने किया

तीर्थदर्शन पितृपक्ष के मौके पर आज राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेषन ने विषेष तीर्थ दर्शन ट्रेन बिहार के गया के लिए रवाना होगी

इस ट्रेन में भोपाल रायसेन और विदिशा जिले के लगभग एक हजार श्रद्वालु गया तीर्थ जाएंगे ट्रेन में श्रद्वालुओं के लिए भोजन नाश्ता आदि का प्रबंध भी रहेगा तीर्थ यात्रियों को गया स्टेशन से तीर्थ स्थल तंक लाने ले जाने के लिए वाहन और गाइड की व्यवस्था भी की गई है गया में तीर्थ यात्रियों के रूकने की व्यवस्था भी की गई है रेल सुविधा नवरात्रि में सतना जिले के मैहर में स्थित मॉ शारदा के दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हए रेल प्रशासन ने अप और डाउन की चौतीस यात्री गाड़ियों का मैहर स्टेशन में दो मिनिट के लिए अस्थाई स्टापेज का निर्णय लिया है

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर राज्य शासन के वचन पत्र में कन्याओं के शैक्षणिक संस्थाओं और महिलाओं की कामकाजी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पुलिस चौकी की स्थापना और उन क्षेत्रों पर महिला गश्त की व्यवस्था करने की बात कही है उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के निर्देश पर यह फैसला किया हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी कन्या और को ऐड महाविद्यालय के प्राचार्या को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि वे कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करें प्राचार्य को महाविद्यालय में छात्राओं की समिति गठित करने के निर्देश दिए गये समिति की बैठक में छात्राओं के हस्ताक्षर सहित सुरक्षा संबंधी सुझाव प्राप्त किये जायेंगे बाढ़ शिवराज प्रदेष के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ के कारण ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है उसे लेकर वे केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह से चर्चा करेंगे श्री चौहान ने कल मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की मांग को लेकर एक दिसवीय धरना प्रदर्शन को खत्म करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था लेकिन अब अपने वादों से मुकर रही है श्री चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह रचनात्मक आंदोलन है और हम यहां सहयोग करने आये हैं

हड़ताल में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सोलह हजार अधिकारी हिस्सा लेंगे

मौसम अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश पर चक्रवाती घेरा बना है जिससे प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है मौसम केन्द्र के अनुसार आज प्रदेश के उज्जैन आगर रतलाम गुना अशोकनगर मंदसौर नीमच दमोह राजगढ़ रीवा सतना पन्ना सीधी सिंगरौली और सागर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

कई दिनों के बाद कल राजधानी भोपाल में आशिक बादलों के बीच तेज ध्र्प खिली इससे तापमान में वृद्धि हुई

मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल में गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है

इसके साथ ही दोनों देशों के बीच श्रृंखला बराबरी पर खत्म हो गई

वे यहां बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे